झारखंड उच्च न्यायालय में कल से सिर्फ आवश्यक मामलों की ही सुनवाई होगी राज्यभर में पिछले चौबीस घंटों के दौरान दो सौ पचहत्तर नये कोरोना पॉजिटव मरीज मिले है इसी के साथ कुल संकमितों की संख्या पांच हजार तीन सौ पचासी पहुंच गयी है

रांची जिले में कल कोरोना संक्रमितों के इकसठ नये मामले सामने आए हैं इनमें बरियातू के एक ही परिवार के चार संक्रमित सदस्य शामिल हैं

इसके अलावा डोरंडा अरगोड़ा और रातू सहित अन्य क्षेत्रों से कोरोना के संक्रमितों के मिलने की पुष्टि हुई है प्रशासन की ओर से भी इसकी पुष्टि की गयी है लातेहार के सिविल सर्जन कल कोरोना पॉजिटिव पाए गए कोरोना के कुछ लक्षण मिलने के बाद उन्होंने कोरोना की जांच कराई रिर्पोट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय को बंद कर सैनिटाइज किया गया वहीं सीएस के संपर्क में आए अन्य लोगों की जांच के लिए सैंपल लिये गये राज्य में सीएस के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने का यह दूसरा मामला है इसके पूर्व लोहरदगा के सिविल सर्जन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे लातेहार के उपायुक्त जिशान कमर ने इस मामले की पुष्टि की है

गिरिडीह जिले में भी कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है

गोड्डा जिले के पथरगामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एक महिला कर्मी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया है वहीं आउटडोर सेवा बंद कर दी गयी है अस्पताल में सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं दी जा रही हैं गोड्डा के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने बताया कि गोड्डा में जांच के बाद दो नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है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

डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पिछले कई महीनों से इसके टीके के विकास पर काम चल रहा है और नतीजे सकारात्मक मिल रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि भारत शीघ्र ही इस महामारी से पूरी तरह निपटने में सफल होगा उन्होंने कहा कि टीके के प्रारंभिक परीक्षण के दौरान कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखा

इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने नया प्रोटोकॉल बनाया है जिसे विभागीय सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने सभी उपायुक्तों को भेज दिया है इसके अनुसार किसी क्षेत्र में कोई नया केस मिलते ही उसे तत्काल कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की तारीफ करते हुए कहा कि यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद को कल संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में अन्य विकासशील देशों की भी मदद कर रहा है श्री मोदी ने कहा कि भारत में कोरोना मुक्ति को एक जन आंदोलन का रुप देने के लिए सरकार और समाज के प्रयासों को समेकित किया गया है खूंटी जिला आपूर्ति पदाधिकारी रोहित सिन्हा ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों के साथ बैठक कर प्रवासी मजदूरों और लाभुकों को शत प्रतिशत लाभान्वित करने संबंधी आवश्यक निर्देश दिए हैं आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए आयकर स्वैच्छिक अनुपालन ई अभियान की तैयारी पूरी कर ली है

बोर्ड के अनुसार ई अभियान का उद्देश्य करदाताओं के कर और आयकर विभाग के पास उपलब्ध उनकी वित्तीय लेन देन सूचना को मान्यता देना है

ई अभियान के अंतर्गत आयकर विभाग चुने हुए करदाताओं को ई मेल और एसएमएस भेजकर उनसे ऐसी वित्तीय लेन देन संबंधी सूचना को पुष्टि कराने के लिए कहेगा जिसका विवरण आयकर विभाग के पास है झारखंड उच्च न्यायालय में कल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये आवश्यक मामलों की ही सुनवाई होगी सुनवाई के लिए एक खंडपीठ और तीन एकल पीठ रहेगी न्यायाधीश अप्रेश क्मार सिंह तथा न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ न्यायाधीश राजेश शंकर न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी और न्यायाधीश दीपक रोशन की एकल पीठ में सुनवाई के लिए मामलों की सूची जारी कर दी गयी है

दैनिक भास्कर ने झारखंड में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए सीमाओं को सील किये जाने की खबर को प्रमुखता दी है इसमें बताया गया हैं कि राज्य से लगने वाले बिहार बंगाल ओड़िशा और छत्तीसगढ़ सीमा पर बैरिकेडिंग के साथ पुलिस मुख्यालय के आदेश पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बलों की तैनाती की गयी है

दैनिक जागरण ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सुरक्षा में तीस जवान और पांच पदाधिकारी को बढ़ाये जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है राज्य से प्रकाशित अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी राम मंदिर निर्माण की खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है

इसके लिए कंपनी ने देशभर में एक सौ तीस स्थानों का चयन किया है